मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिये

कोर्ट में तलाक की अर्जी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छह हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है आज नई दिल्ली में सहयोग और लोक संपर्क कार्यक्रम संवेग की शुरूआत के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस राशि से छोटे उद्यमियों के लिए देश भर में दो सौ हब और एक सौ ट्रल रूम बनवाये जायेंगे उन्होंने कहा कि देश भर में क्लस्टर का निर्माण किया जायेगा जिससे उद्यमियों को व्यापार करने में सूविधा होगी प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बारह घोषणाएं की श्री मोदी ने कहा कि इस योजना को धरातल पर उतारने वाली टीम की निगरानी वे खुद करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवाकर के लिए पंजीकृत प्रत्येक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को एक करोड़ रूपये तक के अतिरिक्त ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी सरकार ने सभी कंपनियों के लिए गवर्नमंट ई मार्केटिंग प्लेटफार्म जेम की सदस्यता लेना अनिवार्य कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी खरीद का कम से कम तीन प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों से ही करें उन्होंने कहा कि अब सरकारी कंपनियों को अपनी खरीदारी का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से ही करना होगा इधर पटना में आयोजित संवेग अभियान में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से देश में उद्योग व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा है इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी उपस्थित थे उधर गया में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि संवेग अभियान से छोटे उद्यमियों को ऋण लेने में जहां आसानी होगी वहीं दूसरी तरफ उनके लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार होगा उन्होंने कहा कि सरकार पुराने नियमों में बदलाव कर उद्यमियों के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है वहीं मध्रबनी में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देकर ही देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं से उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा इस अवसर पर उनसठ आवेदकों के ऋण स्वीकृत किये गये संवेग अभियान के तहत प्रदेश के तीन शहरों पटना गया और मधुबनी सहित देश के सौ शहरों का चयन किया गया है पटना के एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गया के हस्तकरघा और मध्रबनी के हस्त शिल्प उद्योगों का इस योजना के तहत विकास होगा पटना के एक निजी अस्पताल में आज एक महिला कांस्टेबल की डेंगू के कारण हुई मौत के बाद उग्र पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में जमकर हंगामा किया नाराज पूलिसकर्मियों ने कई वरीय पूलिस अधिकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा लाठी और डंडे से लैस पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को खदेड़ दिया और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया कई मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और उनके कैमरे तोड़ दिये गये बेकाबू सिपाहियों ने आसपास की दुकानों और घरों में घुसकर भी जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस लाइन में घुसकर जमकर रोड़ेबाजी की स्थानीय लोगों और पुलिसवालों के बीच भिड़न्त के बाद हालात और बिगड़ गए घटना को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस विभागीय अधिकारी रैफ एसटीएफ और बीएमपी के जवानों को पुलिस लाईन भेजा गया स्थिति अभी नियंत्रण में बतायी जाती है पुलिसकर्मियों का आरोप है कि मृतक महिला कांस्टेबल को इलाज के लिए छुट्टी नहीं दी गयी जिस कारण उसकी मौत हुई पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर पर पुलिसकर्मियों ने परेशान करने का आरोप लगाते हुये कहा कि चाहे कितनी भी जरूरी क्यों न हो प्रलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलती है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक केएसद्विवेदी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि यह गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है दोषी प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी से संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं उसकी भी जांच करायी जायेगी श्री द्विवेदी ने कहा कि सभी प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने आज पटना व्यवहार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है उन्होंने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पत्नी से अलग होना चाहते हैं तेज प्रताप यादव ने हिन्दू मैरेज एक्ट की धारा तेरह एक के तहत तलाक की अर्जी दी है इस मामले की सुनवाई उनतीस नवम्बर को होगी तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से इसी साल मई महीने में शादी हुई थी ऐश्वर्या राय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री और पूर्व मंत्री चन्द्रिका राय की बेटी हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अर्जी दाखिल करने के बाद तेजप्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची रवाना हो गये हैं इधर ऐश्वर्या के पिता चन्द्रिका राय ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है

वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में सताईस लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के लोग शामिल हैं यह योजना अठारह से चालीस वर्ष तक के सभी नागरिकों के लिए है इस योजना के अंतर्गत साठ साल की उम्र से लाभार्थी को उनके योगदान के अनुसार प्रतिमाह एक हजार से पांच हजार रुपये तक की पेंशन दी जाती है मुंगेर में एके सैंतालीस राईफल तस्करी मामले में गिरफ्तार प्रूषोत्तम ने खुलासा किया है कि जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से साठ एके सैंतालीस राईफल निकाले गये हैं मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाये जाने के दौरान उसने यह खूलासा किया है मौका मिलने पर लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल जाती है प्रदेश में खेल के क्षेत्र में लड़कियों ने इस बात को साबित कर दिखाया है

खासकर उस क्षेत्र में जहां बेटों को भी पढाने की परंपरा नहीं है

केन्द्र सरकार ने दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भी हज यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर केन्द्र सरकार ने नई हज नीति में बदलाव कर उस प्रावधान को हटा दिया है जिसके तहत दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को हज पर जाने से रोक लगा दी गयी थी हालांकि केन्द्र सरकार ने कहा है कि गंभीर बीमारी जैसे कैंसर टीबी किडनी हृद्य रोग और सांस की बीमारी समेत अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति को हज पर जाने की अनुमति नहीं होगी समस्तीपुर जिले में हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहटौली गांव से पुलिस ने एक सौ छह कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं बेगूसराय पुलिस ने आज तेघड़ा अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर बारह लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है इधर बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपसागरपुर के पास से पुलिस ने एक सौ अस्सी बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पूर्व मध्य रेलवे के गया मुगलसराय रेलखंड पर रोहतास जिले के तकिया ग्रमटी के पास ट्रैक पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत हो गई मुजफ्फरपुर जिले के बेरूआ गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जामकर प्रदर्शन किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिये

कोर्ट में तलाक की अर्जी दी